राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्से कोल्ड डे की चपेट में

मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड में दिल्ली स्थित साकेत की विशेष अदालत आज आरोपियों को फैसला सुना सकती है इस मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत इक्कीस लोग आरोपित हैं इससे पहले दो बार फैसला टल चुका है ब्रजेश ठाकुर सहित बीस आरोपी जेल में बंद है टाटा इंस्टीच्यूट आफ सोशल साईंसेज टीआईएसएस की जांच के बाद मुजफ्फरपुर बालिका गृह में चौतीस नाबालिक लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला उजागर हुआ था बिहार प्रलिस में सिपाही के ग्यारह हजार आठ सौ अस्सी पदों के लिए बीस जनवरी को होनेवाली दूसरे चरण की लिखित परीक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है रविवार को पहले चरण की परीक्षा के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों और रेलवे स्टेशनों पर सिपाही अभ्यर्थियों द्वारा उपद्रव और तोड़फोड़ के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क रहने को कहा है केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने भी सभी डीएम एसएसपी और रेल अधिकारियों को चौकसी बरतने को कहा है इधर पूर्व मध्य रेल ने पटना समेत सूबे के अन्य जिलो में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिये जानेवाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बाईस स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय किया देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा दो हजार बीस का बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह कार्यक्रम बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा देशभर से दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक इसमें शामिल होंगे श्री मोदी विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देंगे और परीक्षा के दबाव या तनाव से दूर रहने के तरीकों के बारे में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे समस्तीपुर के कई छात्रों का इस संवाद कार्यक्रम के लिए चयन किया गया है समस्तीपुर की छात्रा आयुषी ने हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार को बताया कि प्रधानमंत्री से प्रश्न प्रछने के लिए वह काफी उत्सुक है

परीक्षा पर चर्चा में चुनाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं अपनी स्जुरी केवल शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती हूँ मुझे लगता है कि ये परीक्षा पर चर्चा जो मेरे जैसे कई बच्यों के लिए एक बहुत बड़ा इंसीपेरेशन हैं जो कि परीक्षा के समय घबड़ा जाते हैं डर जाते हैं

सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने पिछले पांच वर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में हुई चार प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर चिन्ता व्यक्त की है उन्होंने नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा से जुड़े हितधारकों की बैठक में कहा कि इस बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है ड्राइविंग ट्रेनिंग सेक्टर्स खोल रहे हैं

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन कानून पर छात्रों को गुमराह कर कांग्रेस और वामपंथी दलों ने न सिर्फ देश के बड़े विश्वविद्यालयों को हिंसा और उपद्रव के हवाले किया बल्कि गरीब युवाओं को नौकरी के अवसर से भी वंचित कर दिया उन्होंने कहा कि गरीबों का नाम लेकर राजनीति करने वालों ने गरीब युवाओं के सामने आए नौकरी के सैंकड़ों मौके आंदोलन की आग में झोंक दिये नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समर्थन में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे यह कार्यक्रम गया के गांधी मैदान में आयोजित होगा प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है सर्द पछुआ हवा के चलते राज्य के अधिकतर हिस्सों में ठंड का प्रकोप बना हुआ है राजधानी पटना में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है कम दृष्टता के कारण सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हैं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों तक ठंड से राहत के आसार नहीं हैं राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्से कोल्ड डे की चपेट में हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में देश के पश्चिमी भाग में बारिश होने की सम्भावना है जिसका असर बिहार पर भी पड़ेगा वहीं राज्य के कई हिस्सों में अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया केन्द्र सरकार ने प्रदेश के नौ पुलिस पदाधिकारियों को पुलिसिंग के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए असाधारण आसूचना क्शलता पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है जिन पुलिसकर्मियों का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ वे सभी एसटीएफ में तैनात है शिक्षा विभाग ने वर्ष दो हजार ग्यारह में हुई माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण का कट् ऑफ जारी कर दिया है विभाग की ओर से गठित कमिटी की अनुशंसा पर स्पष्ट किया गया है कि एसटीईटी दो हजार ग्यारह में सम्मिलित और दो हजार बारह में उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी जो बीएड के लिए सत्र दो हजार पन्द्रह सत्रह तक नामांकित हुए हो तथा दो हजार अठारह तक जिनका रिजल्ट हो गया हो वे छठे चरण के नियोजन के पात्र माने जायेंगे यात्रियों की सुविधा के लिए पटना के रास्ते मधुपुर से आनंद विहार के लिए आज से दो नई साप्ताहिक ट्रेन चलायी जायेगी रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज मधुपुर से नई हमसफर एक्सप्रेस का उद्घाटन स्पेशल के रूप में किया जायेगा पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मधुपुर आनंद विहार बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर सुपर फास्ट एक्सप्रेस के नाम से चलेगी असम के गुवाहाटी में खेली जा रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अंडर सेंवेटीन कबड्डी स्पर्धा के दोनों वर्ग में बिहार ने कांस्य पदक जीता है बालक वर्ग में बिहार को हरियाणा ने पराजित किया वहीं बालिका वर्ग में तमिलनाडु से हार के कारण बिहार की टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा पश्चिम बंगाल में आयोजित रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रूप मुकाबले में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और एक सौ तेरासी रनों से पराजित किया

मुरलीधर गोपालगंज में ठेकेदार की हत्या के मामले में फरार हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा में एससी एसटी आरक्षण विधेयक मंजूर और एनआरसी पर मुख्यमंत्री के बयान को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार में एनआरसी का सवाल ही नहीं दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है सीएए समेत किसी भी विषय पर चर्चा से एतराज नहीं नीतीश दैनिक भास्कर की सुर्खी है अगस्त दो हजार उन्नीस तक बीएड करने वाले भी अब बन सकेंगे हाई स्कूल शिक्षक प्रभात खबर की सुर्खी है अभी चौबीस घंटे और ठिठ्रेगा बिहार इसके बद सर्दी से राहत राष्ट्रीय सहारा ने पटना में लूट की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए सुर्खी दी है पत्रकार नगर में तेरह लाख लूटे दो को गोली मारी अखबार आज का शीर्षक है मुजफ्फरपुर शेल्टर होम पर फैसला आज

राजधानी पटना समेत राज्य के कई हिस्से कोल्ड डे की चपेट में